दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आज नई दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा है कि अगले पांच साल में कोटा को देश का सबसे हराभरा शहर बनायेंगे बच्चों को खसरा और रूबेला रोग से बचाने के लिये कल से प्रदेश में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा प्रदेश में मानसून कमजोर पडने से किसानों की चिंता बढ़ी वेस्टइंडीज दौरे के लिये किकेट टीम घोषित विराट कोहली टेस्ट और सीमित ओवरों की सीरिज के लिये कप्तान होंगे

इसके बाद यह पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जायेगा

दिवंगत नेता की अंतिम यात्रा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी मनमोहन सिंह अहमद पटेल अशोक गहलोत कमलनाथ प्रियंका गांधी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल तथा अनेक अन्य वरिष्ठ नेता भी इस अवसर पर मौजूद थे

वह लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही उन्हें राष्ट्रीय राजधानी को आध्निक नगर बनाने का श्रेय जाता है

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूची में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है प्रदेश में दो करोड़ बीस लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं बहत्तर लाख किसानों के साथ आन्ध्र प्रदेश दूसरे नम्बर पर और पचास लाख किसानों के साथ महाराष्ट्र तीसरे नम्बर पर है

यह श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस कार्यक्रम की द्रसरी कड़ी होगी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में श्री मोदी ने किताबों के महत्व पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि लोगों को रोज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए

एक टवीट में उन्होंने लोगों से नमो एप पर विशेष रूप से बनाये गए ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है

उदयपुर के बलीचा गांव में जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से आयोजित वन महोत्सव का राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमे वनों और पहाडियों को बचाना होगा

नागौर जिले के थंलाजू गांव में भी वन महोत्सव का आयोजन किया गया वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने पौधा लगाकर इसकी शुरूआत की

जयपुर में आगरा रोड़ स्थित पश्पालन विभाग के कार्यालय परिसर में आयोजित वन महोत्सव का जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने पौधा लगाकर उदघाटन किया इस अवसर पर जिला प्रशासन तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे

प्रदेशभर में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए कल कई स्थानों पर रैली निकाली गई

इस अभियान में आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा टीकाकरण के प्रति पिछले कई दिनों से प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है नागौर जिले के कई गांवों में आज भी जागरूकता रैलियां निकाली गई

बीएसएफ की ओर से वाद विवाद निबंध और लेखन सहित चित्रकला प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा

अब तक जयपुर अलवर बाडमेर बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ जैसलमेर जालौर जोधपुर सिरोही और पाली में सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है चित्तौडगढ धौलपुर ड्रंगरपुर झुंझुनू और प्रतापगढ सहित केवल पांच जिलो में सामान्य से अधिक वर्षा हई है

इस बार प्रदेश में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून ने प्रवेश किया था और कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा भी हुई लेकिन मानूसन के फिर से पूरी तरह सकिय नहीं होने के कारण किसानों की चिंता बढने लगी है आज जैसलमेर में सावन की पहली बरसात हुई जिससे लोगो को गर्मी से राहत मिली

जिले के पनोता गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मनरेगा में काम कर रही सात महिलाएं और एक पुरूष घायल हो गया जिन्हें उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इस अवसर पर भारतीय रेल द्वारा एक रेल मेला भी आयोजित किया गया है प्रदर्शनी के पहले दिन उत्तर पश्चिम रेलवे की स्टॉल सबसे ज्यादा आकर्षण का केन्द्र रही इस स्टॉल पर राजस्थानी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है

जिनके कब्जे से एक देशी पिस्तोल और कुछ अन्य हथियार बरामद किये गये

आज मुम्बई में हई चयन समिति की बैठक के बाद मुख्य चयनकर्ता एम एस के प्रसाद ने बताया कि विराट कोहली टेस्ट और सीमित ओवरों की श्रंखला के लिये टीम के कप्तान होंगे अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया गया है जबकि रोहित शर्मा एक दिवसीय तथा टी ट्वेंटी सीरिज के लिये टीम के उप कप्तान होंगे हार्दिक पांडया को इस दौरे से विश्राम दिया गया है जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सिर्फ सीमित ओवरों से विश्राम मिला है विकिट कीपर रिद्विमान साहा की एक साल बाद र्टेस्ट टीम में वापसी हई है और वह ऋषभ पंत के साथ दूसरे विकेट कीपर होंगे टीम में ऑफ स्पिनर रविचन्द्रन अश्विन भी लौटे है जिन्होंने इस साल अब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है इस दौरे के लिये राजस्थान के तीन खिलाडियों का चयन हुआ है दीपक चाहर राहुल चाहर और खलील अहमद को तीन मैचों की टी ट्वेंटी सीरिज के लिये चुना गया है